प्रदेश में कल सातवें और अंतिम चरण में लगभग पचपन प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया इसी के साथ राज्य की अस्सी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य सीलबंद हो गया है अब लोग इस चुनाव के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तेईस मई को मतों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की राजधानी दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं ने स्पष्ट बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है दूसरी तरफ विपक्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हुए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं

भाजपा ने एनडीए के घटक दलों के अलावा किसी अन्य दल के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं किया है कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन से परहेज किया है पार्टी ने यूपीए के सदस्यों के अलावा कुछ छोटी पार्टियों के साथ राज्य स्तरीय गठबंधन किया है प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने वामपंथी दलों सहित अनेक दलों के साथ गठबंधन किया है गैर एनडीए दलों को एकजुट करने का प्रयास भी जारी है ताकि एनडीए को बहुमत न मिलने की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके हालांकि विभिन्न एंजेसियों द्वारा कराए गए लगभग सभी चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षणों में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के परिणामों को लेकर अलग अलग मत हैं

उन्होंने आज वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेईस मई को चुनाव परिणाम आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की उत्तराखंड में गुफा में साधना करने पर अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि भारत देश संस्कृति सभ्यता और अध्यात्म का दुनिया के लिये प्रेरणा स्रोत है प्रधानमंत्री के श्रद्धा भाव पर टिप्पणी करने की जगह सपा प्रमुख को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सहयोगी रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को पद से हटा दिया है राजभर गठबंधन के नियमों के विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ लम्बे समय से काम कर रहे थे एक रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक ने सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता और प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है इस पार्टी के चार विधायक है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदन में बहुमत में इस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा ये भी बताया जा रहा है कि सुहेलदेव ने भारत समाज पार्टी के अन्य नेताओं को भी पब्लिक सेक्टर इकाइयों के विभिन्न पदों से हटा दिया गया है दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चूनाव में सीट आंवटन को लेकर मतभेद उभरे थे

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक बहस के गिरते स्तर पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि प्रचार में सार्वजनिक हित के मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप चिंता का विषय है कोस्टरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस से मानद डॉक्टरेट उपाधि दिये जाने के बाद अपने सम्मान में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक नेता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं शत्रु नहीं

लोकसभा चुनाव की तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिये प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में है जिलाधिकारियों द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं वहीं मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कराने के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है बस्ती जिले में मतगणना की तैयारियां की जा रही है

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं

निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतगणना कराने के लिये बरेली के जिलाधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्मिक और माइक्रो आर्ब्जवर को ट्रेनिंग दी गई उन्होंने बताया कि जिस तरह शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये गये थे उसी तरह काउंटिंग भी कराई जायेगी

इसके अतिरिक्त पोस्टर बैलेट की और जो इलेक्ट्रानिकिली प्राप्त पोस्टर बैलेट है उनकी अलग से गणना होगी और जब पूरी गणना प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी उसके पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक एआरओ पांच पांच वीवीपैट की गणना करायेंगे जो एक ड्रा के माध्यम से उनका चयन किया जायेगा मेरठ जिले में मतगणना से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया

मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है आज मुख्य विकास अधिकारी आर्यका अखौरी ने मतगणना से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी

मतगणना कार्मिकों को ट्रेनिंग में ईवीएम वीवी पेट बैलेट पेपर से संबंधित सभी प्रकार की ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जा रहा है

फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मतगणना अयोध्या जनपद के नगर स्थित राजकीय इंटर कालेज में होगी जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं एक रिपोर्ट अयोध्या जनपद में पांच विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होनी है जिसमें चार फैजाबाद लोकसभा और एक अम्बेडकरनगर लोकसभा से सम्बंधित है मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए पांच गेट बनाए जा रहे हैं जो अलग अलग लोगों के प्रवेश के लिए निर्धारित होंगें बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी और अर्द्वसैनिक बालों की तैनाती की जा रही है प्रत्येक विधानसभा के लिए पंद्रह टेबिल जिसमें एक सहायक रिटर्निंग आफिसर के लिए रहेगी और सभी टेबिल पर तीन तीन गणना कर्मी लगाए जा रहे हैं राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के प्रमाणिक और ताजा नतीजे देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं

सेना ने कानपुर छावनी क्षेत्र में स्थित अपनी सैन्य जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का फैसला लिया है इसके लिये सेना की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है कानपूर छावनी में सेना की जमीनों पर कई जगह अवैध कब्जें हैं जो पिछले कई वर्षो से चले आ रहे है सेना ने इन सभी स्थानों पर जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इन जमीनों को खाली कराया जाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है